शारजाह से एक सौ बयासी यात्रियों को लेकर एक विमान कल शाम लखनऊ पहुंचा

मामूली और सामान्य लक्षण वाले मरीजों को बिना जांच के छुट्टी दी जाएगी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक एक हजार चार सौ निन्यानबे लोग स्वस्थ हुए

कोरोना के कारण फंसे यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने के विश्व के सबसे बड़े अभियान बंदे भारत मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार इस महीने की सोलह तारीख से करीब पच्चीस हजार भारतीयों को स्वदेश लाएगी कनाडा रूस यूरोप ऑस्ट्रेलिया अमरीका और खाड़ी देशों से करीब एक सौ छः उड़ानें फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश पहुंचाएंगी इस महीने की सात तारीख से शुरू हए वंदे भारत मिशन के पहले सप्ताह में बारह देशों से करीब पंद्रह हजार लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है शारजाह से प्रदेश के एक सौ बयासी लोगों को लेकर कल शाम एक विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरा यहां सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें चौदह दिनों के लिए संगरोध केन्द्रों में भेज दिया गया यात्रियों को लखनऊ में चौदह दिनों के लिए सरकारी केंन्द्रों में या उचित राशि देकर होटलों में क्वारंटीन होने का विकल्प दिया गया था अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में एक और उड़ान उतरी जिसमें उत्तर प्रदेश के बीस यात्री सवार थे उन्हें नोएडा और गाजियाबाद के संगरोध केंद्रों में भेजा गया है दूसरे राज्यों में फँसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष रेलगाड़ियाँ प्रदेश पहुँच रहीं हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक एक सौ चौदह विशेष रेलगाड़ियों से एक लाख बीस हजार से अधिक कामगारों और श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया जा चुका है उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में प्रदेश सरकार की योजना प्रतिदिन चालीस रेलगाड़ियाँ चलाने की है जो अन्य राज्यों में फँसे प्रदेश के श्रमिकों को लेकर आएंगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवसोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्वार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोषित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार तीन दिन में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार तीन दिन तक स्वामाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्वार्ज किया जाएगा गंगीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व प्राप्ति की समस्त सम्भावनाओं पर कार्य करने पर बल दिया है उन्होंने कहा है कि कोविड नाइन्टीन से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं इसलिए राजस्व वृद्वि के वैकल्यिक स्रोत चिन्हित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए लगभग बीस लाख रोजगार सुजित किये जाने के लिए वृहद कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश दिये हैं श्री अवस्थी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए व्यापक स्तर पर रेडिमेड कपड़ों और स्वेटर बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं जिससे प्रदेश को गारमेन्ट हब के रूप में विकसित किया जा सके उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कामगारों एवं श्रमिकों के हित में श्रम कानून में संशोधन भी प्रस्तावित है श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना से बचा जा सकता है प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए आय्ष कवच कोविड ऐप में जड़ी बूटियों पर आधारित आय्र्वेद चिकित्सा पद्वति से जुड़ी उपयोगी जानकारियों का समावेश किया गया है जिन्हें अपनाकर लोग अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं श्री अवस्थी ने कहा आयुष कवच कोविड ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को इसे डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है राज्य में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित होने वाले एक हजार चार सौ निन्यानबे लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं बीमारी से चौहत्तर लोगों की मृत्यु हुई है फिलहाल प्रदेश के छियासठ जिलों में क्ल सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार आठ सौ है सबसे अधिक दो सौ सड़सठ मरीज आगरा जिले में स्वस्थ हुए हैं यहां सक्रिय मामलों की संख्या चार सौ पचपन है लखनऊ में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या एक सौ उन्यासी है गौतमबुद्ध नगर जिले में एक सौ इक्कीस लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके है इसके अलावा सहानपुर में एक सौ सत्ताईस मुरादाबाद में नब्बे फिरोजाबाद में तिरासी गाजियाबाद में पचहत्तर मेरठ में पैंसठ कानपुर नगर में तिरपन रायबरेली में तैंतीस और अमरोहा में छब्बीस लोगों को बीमारी से स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छ्ट़टी दी जा च्की है शामली में सत्ताईस बिजनौर व बस्ती में चौबीस चौबीस हापुड़ में इक्कीस रामपुर में बीस और सीतापुर में उन्नीस लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं प्रदेश में लॉकडाउन के कारण स्थगित विभिन्न निर्माण कार्य फिर से शुरू हो रहे हैं राज्य के विभिन्न जिलों में ईंट भटठों पर काम तेजी से जारी है कौशाम्बी में भी ईट भट्ठे शुरू हो गये हैं यहां काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया जा रहा है पीलीभीत की ग्राम पंचायत फत्तेपुर खुर्द में प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया गया है प्रतापगढ़ जिले के बेलखरनाथ धाम विकास खंड में प्रतिदिन हजारों मजद्रों को मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है इसके साथ ही उन्हें सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है फतेहपुर जिले के बिलन्दपुर गांव में भी मजदूर मनरेगा के तहत काम कर रहे है प्रशासन ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है कि काम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाया जा रहा है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत कोविड नाइन्टीन के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने की आवश्यकता पर जोर दिया सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है यह वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने को लिए हमें यह आवश्यक है कि दो मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फ़िर शुरू कर देते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें फ्रेसली जहां पर हॉट स्पॉट हैं द्रसरा मैं यह कहूंगा कि सोशल डिस्टैंसिंग हैंडवाशिंग भी हम पूरी तरह से करें हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वह थ्रकना हुआ चाहे वह सोशल डिस्टॅसिंग हो चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़कर मिलें और हैंडवाशिंग रेगुलरली करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में किसी एक दिन पच्चीस करोड़ वक्षारोपण के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए समयबद्व ढंग से तैयारी किए जाने के निर्देश दिए हैं